प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि विदेशों में रह रहे भारतवंशी भारत के विकास के लिए स्टार्टअप स्टेण्डअप और रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं

इससे पहले सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत की छवि एक मजबूत राष्ट्र के रूप में तेजी से उभरी है उन्होंने प्रवासी भारतीय दिवस शुरू करने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का भी स्मरण किया सम्मेलन के मुख्य अतिथि मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगनाथ ने अपना भाषण हिन्दी में शुरू किया उन्होंने कहा कि यह सम्मेलन दुनियाभर के भारतवंशियों का सबसे महत्वपूर्ण समागम है

ये पुरस्कार दो श्रेणियों बाल शक्ति और बाल कल्याण के अंतर्गत दिए जाते हैं

दो व्यक्तियों और तीन संस्थाओं को बाल कल्याण पुरस्कार प्रदान किए गए बाल शक्ति पुरस्कार के अंतर्गत एक लाख रुपए नकद दस हजार रुपए के पुस्तकों के वाउचर प्रमाण पत्र और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है

राज्यपाल आनंदीबेन पटले ने गणतंत्र पर्व पर आमजन के भ्रमण के लिए यह निर्देश दिये हैं

राजभवन में आकर्षक विद्यत सज्जा तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के कट आउट लगाये जा रहे हैं जिससे दर्शक स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे प्रदर्शनी में भोपाल विलीनीकरण आंदोलन में योगदान देने वालों के कट आउट भी दर्शक देख सकेंगे ऋण माफी जय किसान फसल ऋण माफी योजना का लाभ लेने के लिये प्रदेश के किसानों में भरपूर उत्साह देखने को मिल रहा है

शहडोल कांग्रेस शहडोल जिले में प्रभारी मंत्री ओमकार सिंह के एक कार्यक्रम में हये विवाद के बाद कांग्रेस के दर्जन भर पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया है इनमें प्रदेश सचिव जिला महामंत्री और जिला उपाध्यक्ष जैसे पदाधिकारी शामिल हैं जानकारी के मुताबिक जिला कांग्रेस भवन में हुये इस कार्यक्रम में धक्का मुक्की से कार्यकर्ता नाराज हैं हमारे शहडोल संवाददाता ने बताया है कि नाराज कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष आजाद बहादुर सिंह को हटाने की मांग कर रहे हैं

जहां विश्व भर के नेता पांच दिन तक वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे बैठक के दौरान मुख्यमंत्री प्रदेश में निवेश पर चर्चा करेंगे श्री नाथ प्रतिभागियों को मध्यप्रदेश में होने वाले सुधारों और भविष्य के दृष्टिकोण से भी रुबरू करायेंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर श्री नाथ पहली बार इस सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं

रेरा एक्ट प्रदेश के रेरा चेयरमेन एंटोनी डिसा ने कहा है कि नागरिकों की आवास संबंधी समस्याओं के निराकरण और गुणवत्तापूर्ण आवास उपलब्ध के लिये जरूरी है कि रियल स्टेट रेग्लुरेटरी ऑथोरिटी एक्ट को और अधिक मजबूत और प्रभावी बनाया जाये श्री डिसा ने नई दिल्ली में शहरी विकास और आवास विभाग की बैठक में कहा कि इस एक्ट के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश देश में अग्रणी रहा है उन्होंने कहा कि वर्तमान में रेरा में बगैर पंजीयन के कुछ बिल्डर प्लॉट और फ्लैट की बिक्री कर लेते है इससे आंवटी के हितों में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है उसकी भरपाई बाद में प्रभावी रूप से नहीं हो पाती है इस ओर ध्यान देने की जरूरत है भाजपा प्रकरण भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश ईकाई द्वारा प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर किये प्रदर्शन के संबंध में पुलिस ने पार्टी विधायक रामेश्वर शर्मा सहित करीब दो सौ कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया है कल भोपाल में पार्टी कार्यकर्ताओं पर हमले के विरोध में प्रदर्शन के साथ ही प्रदेश सरकार का पुतला दहन करने की कोशिश की गई थी इसके बाद लोकसेवा के आदेश के अवहेलना संबंधित अन्य कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया है ईवीएम हैक चुनाव आयोग ने ब्रिटेन के एक हैकर द्वारा ईवीएम हैक किये जाने के दावे के मामले में दिल्ली पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करने को कहा है

मौसम प्रदेश के मौसम में लगातार बदलाव का दौर जारी है

वहीं अंबहा और मुरैना में तेज बारिश हुई जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई

शिवपुरी जिले में विभिन्न स्थानों पर कल देर रात से शुरू हुई बारिश से एक बार फिर से जिले में ठंड बढ़ गई है मौसम विभाग ने इसे मावठा की बारिश बताया है जिससे गेंहॅ और चने की फसल को फायदा होने की उम्मीद है वहीं मुरैना में हल्की ठंडी हवाओं के बाद बौछारे पड़ी मौसम विभाग ने बारिश के बाद एक बार फिर यहां तापमान गिरने का अनुमान जताया है गुना से हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज तड़के गरज चमक के साथ बारिश हई जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई मौसम विभाग ने ग्वालियर चम्बल छतरपुर पन्ना और टीकमगढ़ जिलों में कहीं कहीं वर्षा या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है